राज्य में कोरोना संकमण की दर में आई गिरावट पिछले एक सप्ताह में संकमण की दर लगभग चौदह प्रतिशत पाया गया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

श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

हालांकि मंत्रालय ने कृछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के बढते मामलों पर चिंता व्यक्त की है

सुश्री आरती आहजा ने कहा है कि विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी और विशेषज्ञ समूह विदेशों से मिल रही सहायता की समीक्षा कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्राप्त स्वास्थ्य सेवाओं का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जा रहा है उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों का भी खंडन किया जिनमें आरोप लगाया है कि सहायता अब भी प्रभावित थी

इस अवसर उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है इस दिशा में कई कारगर व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं जिसका फायदा राज्यवासियों को हो रहा है इसी क्रम मे अमृत वाहिनी के जरिए एक और कदम आगे बढ़े हैं इस वेब पोर्टल और मोबाइल एप्प तथा चौटबोट के माध्यम से अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की उपलब्धता और उसकी ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है सरकार भी उसी गति के साथ इससे निपटने के लिए काम कर रही है इस सिलसिले में अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड और वेंटिलेंटर निरतंर बढ़ रहे हैं संक्रमितों को बेहतर और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रयास लगातार जारी है इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का और नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय क्मार चौबे मौजूद थे राज्य में बढ़ते कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए जनप्रतिधिनियों ने राज्य सरकार को अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को बेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया है

कारोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए कई कदमों के बाद अब सरकार ने यह एक और छूट दी है जिन कर्मचारियों को कार्यालय आने की छूट दी गई है उन्हें घर से ही काम करना होगा कनटेनमेंट जोन में निवास करने वाले केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को भी तब तक कार्यालय आने की छूट दी गई है जब तक उस क्षेत्र को कनटेनमेंट जोन से बाहर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता

राज्य में एक हफते के लिए मिनी लॉकडाउन को बढा दिया गया है इस दौरान संक्रमण की दर में सात प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब चौदह प्रतिशत के लगभग पाया गया है पिछले चौबीस घंटो में कुल छह हजार नौ सौ चौहतर नये सक्रिय मामले सामने आए हैं कल राज्य में एक सौ तैंतीस संक्रमितों की कोरोना से मौत हो गई राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख चौदह लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चूकी है राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर छिहतर दशमलव दो छह प्रतिशत हो गई है ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

इन टीपीएस जिलों में रांची लोहरदगा गुमला जमशेदपुर चाईबासा सरायकेला पाकुड़ लातेहार खूंटी सिमडेगा द्मका जामताड़ा और साहिबगंज शामिल हैं

विभागीय मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि इन क्षेत्रो में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का समय पर इलाज संभव हो सके इसको ध्यान में रखते हए इन अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का निर्देश दिया गया है

पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी ने लोगों से कोविड वैक्सीन के लिए कोविन डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराने का आग्रह किया है सोशल मीडिया पर टीकाकरण के बारे में फर्जी मोबाइल ऐप्प को देखते हुए पीआईबी ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है

महागामा की विधायक कांग्रेस दीपिका पांडे सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मांग की है कि कोरोना संक्रमण में मृतक पत्रकारों के परिजनों को झारखंड सरकार मुआवजा दे

इसके साथ ही मृतक पत्रकारों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है खूंटी जिले में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम दठाए जा रहे हैं

बाजार में अधिकतम सब्जी बिक्रेता बिना मास्क के पाए गए इसपर उपायुक्त ने सब्जी बिक्रेताओं समेत आमजनों से मास्क का उपयोग उचित ढंग से करने की अपील की उन्होंने सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए तथा अपने आसपास उचित दूरी बनाते हुए सब्जी बेचने का निर्देश दिया उन्होंने सब्जी बिक्रेताओं से भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो इसका विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया मौसम विभाग ने झारखंड मे दस जून के बाद मॉनसून आने का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष भी मॉनसून सामान्य समय पर ही दस्तक देगा